इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कई घोषणाएं की जाने की भी उम्मीद है मुख्यमंत्री से पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद केटारिया भी बजट पर अपने विचार रखेंगे मुख्यमंत्री के जवाब के बाद बजट पास किए जाने की उम्मीद है

इस दौरान हैल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स तथा वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के उत्साह को देखते हुए कई स्थानों पर टीकाकरण केन्द्रों की संख्या बढ़ाई है

उन्होंने वैक्सीन लगवाने आए लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि वैक्सीन के संबंध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखें यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है उदयपुर में भी जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा और राजस्व विभाग के कार्मिकों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली

जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने नगर निगम परिसर से रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस दौरान उन्होंने लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील की उन्होंने कहा कि इस टीके का कोई भी द्ष्प्रभाव नहीं है और यह कोरोना संकमण से बचाता है

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सतीश कुमार ने सर्वोच्च बलिदान दिया है श्री गहलोत ने शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने इस घटना में घायल हुए जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

वातानुकूलित और वॉल्वो के अतिरिक्त सभी साधारण तथा द्रतगामी बसों में राजस्थान की सीमा तक इस दिन यात्रा करने वाली सभी महिलाए और बालिकाएं इस निःशुल्क सुविधा का लाभ उठा सकेंगी